भारत विश्व में सबसे तेजी से कोविड टीका लगाने वाला देश बना

और प्रदेश में आज कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से राज्य के नौ मेडिकल कॉलेज सह अस्पतालों में पेट्रोलियम मंत्रालय ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगायेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पटना स्थित एनएमसीएच मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजगीर के विम्स और गया के एएनएमसीएच में पच्चीस सौ लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला और पीएमसीएच में पांच हजार लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाया जायेगा श्री पांडेय ने बताया कि इस पर इक्कीस करोड़ छियालीस लाख रूपये का खर्च आयेगा वहीं नुमालीगढ़ रिफायनरी लिमिटेड द्वारा मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच दरभंगा के डीएमसीएच भागलपुर के जेएलएनएमसीएच और बेतिया के गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दो हजार लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाया जायेगा भारत दुनिया में सबसे तेज गति से और कम समय में सत्रह करोड़ टीके लगाने वाला देश बन गया है उसने यह उपलब्धि एक सौ चौदह दिन में हासिल की जबकि चीन ने एक सौ उन्नीस दिन और अमरीका ने एक सौ पंद्रह दिन में यह लक्ष्य हासिल किया देश में अब तक सत्रह करोड़ से अधिक टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में छह लाख अस्सी हजार से अधिक टीके लाभार्थियों को लगाये गये हैं अठारह से चौवालीस वर्ष के आयुवर्ग में बीस लाख इकतीस हजार लाभार्थियों ने टीके की पहली खुराक ली है इस आयुवर्ग के लिए पहली मई से सबसे बडा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था केन्द्र सरकार ने महामारी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाये हैं वह यह सुनिश्चित कर रही है कि दुनिया के अन्य देशों से प्राप्त चिकित्सा सहायता सामग्री से संबंधित सीमा शुल्क आदि की अनुमति तेज गति से कराकर जल्दी से जल्दी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजी जा रही है अभी तक छह हजार सात सौ अड़तीस ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर तीन हजार आठ सौ छप्पन ऑक्सीजन सिलेंडर सोलह ऑक्सीजन जेनरेटर प्लांट चार हजार छह सौ अड़सठ वेंटीलेटर्स और तीन लाख से अधिक रेमडेसिवर टीके राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को भेजे गये हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य को हर दो दिन में कोविड वैक्सीन की नई खेप मिलेगी श्री पांडेय ने बताया कि मई महीने में टीके की उन्नीस लाख डोज मिलने की सम्भावना है स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आज से एक हजार विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा कर्मियों नर्स पारा मेडिकल स्टाफ और लैब टेक्निशियन की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रत्येक जिले में शुरू हो गयी है तीन महीने के लिए होने वाली यह अस्थायी नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर की जा रही है प्रदेश में अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान इस आयु वर्ग के उनासी हजार दो सौ अड़तीस लोगों को टीके की पहली डोज दी गयी वहीं पैंतालीस वर्ष से ऊपर के आठ हजार बावन लोगों को टीके की पहली डोज जबकि ग्यारह हजार तीन सौ सतहत्तर लोगों को दूसरी डोज दी गयी इसी अवधि में कुल एक लाख सड़सठ लोगों का टीकाकरण किया गया राज्य में अब तक अस्सी लाख अड़तीस हजार पांच सौ पच्चीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं वहीं देश भर में सत्रह करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड संक्रमितों के इलाज के लिये सरकार की तरफ से धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी श्री कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से यह बात कही उन्होंने अधिकारियों को अठारह से चौवालीस वर्ष आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण तेज गति से करने का निर्देश दिया उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को योजनाबद्ध और बेहतर प्रबंधन के साथ काम करने के निर्देश दिये अरवल के प्रभारी मंत्री सह कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने आज वर्चअल बैठक के जरिये जिले में कोविड की स्थिति को लेकर अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को साथ समीक्षा बैठक की उन्होंने जिले में कोविड टीकाकरण में तेजी लाने और सेनेटाईजेशन अभियान चलाने का निर्देश दिया नवादा जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में जिला प्रशासन ने आज नौ दुकानों को सील कर दिया इधर अररिया में औचक छापेमारी के दौरान छह दुकानें खुली पायी जाने पर उन्हें सील कर दिया गया है और दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में सभी आरोपियों को पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने जिले में कोविड टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है उनका वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है इधर औरंगाबाद में जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल के छह चिकित्सकों के ड्यूटी से गायब रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है सभी चिकित्सकों को स्पष्टीकरण भी देने को कहा गया है शेखप्रा जिले में मंडल कारागार के कक्षपाल अशोक टोप्पो कोविड से संक्रमित पाये गये हैं इसके बाद उन्हें होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है पूरे जेल परिसर को सेनेटाईज किया जा रहा है मुजफ्फरपुर जिले के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले चौबीस घंटों के दौरान छह मरीजों की कोविड संक्रमण से मौत हो गयी केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर किये जा रहे उस दावे को फर्जी करार दिया है जिसमें लंबे समय तक मास्क पहनने पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की बात कही जा रही है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को गलत और गैर प्रमाणित बताया है इसके साथ ही सभी लोगों से उचित रूप से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया है प्रदेश में पिछले तीन दिनों से कोविड के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है प्रदेश में आज कोविड के दस हजार एक सौ चौहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक लाख से अधिक हो गयी है पटना में भी संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आयी है आज जिले में एक हजार सात सौ पैंतालीस मामलों की पुष्टि हुई है वहीं कटिहार में सात सौ छह गोपालगंज में पांच सौ तैंतालीस नये मामले सामने आये हैं बेगूसराय पूर्वी चंपारण वैशाली और समस्तीपुर चार सौ से अधिक मामलों की पुष्टि की गयी है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा है कि लोगों को कोविड का टीका जरूर लगाना चाहिए

महामारी की दूसरी लहर से निपटने की समुचित तैयारी नहीं होने के आरोपों को खारिज करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जनवरी में कोविड मरीजों की संख्या कम होने के बावजूद सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोविड प्रबंधन राज्य का विषय है लेकिन केन्द्र सरकार ने कोविड से निपटने के लिए सुझाव और दिशा निर्देश देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है केन्द्र ने कोविड महामारी पर काब् पाने के लिए राज्यों की तैयारियों के लिए उच्च स्तरीय टीमें तैनात की हैं वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि रूस से डेढ़ लाख स्पुतनिक वी भारत पहुंच गई हैं और रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष ने इस वैक्सीन के अधिक उत्पादन के लिए भारत की स्थानीय कंपनियों के साथ समझौता किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र के जवाब में श्री ठाकुर ने कोविड महामारी से निपटने के लिए केन्द्र के उपायों का विस्तृत ब्यौरा दिया

इसके लिएआठ ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं विभिन्न सैनिक अस्पतालों में करीबसात सौ विस्तर आम नागरिकों के उपयोग के लिए आरक्षित किए गए हैं

नौर्सना के कोलकाता कोच्चि तबार ़त्रिकांड जलाश्व और एरावत जहाजों को पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्नदेशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और चिकित्सा उपकरण लानेके लिए तैनात किया गया

प्रदेश में दरभंगा मुजफ्फरपुर शिवहर सीतामढ़ी समस्तीपुर अररिया लखीसराय गोपालगंज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण तथा आसपास के जिलों में तेज आंधी के साथ अच्छी बारिश हुई है इधर वज्रपात की घटनाओं में पांच लोगों की मृत्यु हो गयी सबसे अधिक दो लोगों की मौत पटना जिले में जबकि दरभंगा मुजफ्फरपुर और मधेपुरा में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बारिश के अनुकूल मौसम बना हुआ है आज सुबह राज्य के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के असर से सत्रह मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही मध्यम बारिश की संभावना है

वे वर्ष उन्नीस सौ छियासठ बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे वे फरवरी उन्नीस सौ अंठानवे से अप्रैल उन्नीस सौ अंठानवे तक बिहार के भी डीजीपी रहे उनके निधन पर बिहार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने गहरा शोक जताया है इधर समस्तीपुर के जाने माने शिक्षाविद् उमर फारूख का भी निधन हो गया वे अंठावन वर्ष के थे सारण जिले के छपरा में दिघवारा बाजार बस स्टैंड के पास दो मोटरसाईकिल सवार चार अज्ञात अपराधियों ने एक फायनांस कंपनी के कैशियर को गोली मारकर साढ़े नौ लाख रूपये लूट लिये अपराधियों द्वारा की गयी गोलीबारी में एक अन्य युवक भी घायल हो गया खगड़िया जिला का आज चालीसवां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है आज ही के दिन उन्नीस सौ इकासी में मुंगेर जिले से अलग होकर खगड़िया को अनुमंडल से जिला बनाया गया था

हाजीपुर सदर थाना पुलिस ने हाजीपुर में पत्रकार मुन्ना सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी अखिलेश तिवारी को मोतिहारी से गिरफ्तार कर लिया है

भारत विश्व में सबसे तेजी से कोविड टीका लगाने वाला देश बना

और प्रदेश में आज कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश